इस बीच देर रात मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराया उन्होंने कहा कि वे संविधान के दायरे और नियम प्रकिया के तहत हर कार्यवाही के लिए तैयार है हालांकि उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि उनके पास बहुमत है लेकिन भाजपा को अगर ऐसा लगता है कि सरकार अल्पमत में है तो उसे अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए

न्यायालय सुनवाई उच्चतम न्यायालय में आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की याचिका पर सुनवाई होगी याचिका में मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार को विधान सभा में बहुमत साबित करने का निर्देश देने की मांग की गयी है

न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रंचूड़ और हेमंत गुप्ता की पीठ आज इस याचिका पर सुनवाई करेगी

खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि लोगों की सुविधा के लिए कलेक्टर कार्यालय में एक बाक्स लगाया गया है जिसमें आवेदक अपने आवेदन डाल सकते हैं पन्ना में भी कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने लोगों से अपील की है कि बहत जरूरी हो तभी कलेक्टर कार्यालय आये छतरपुर में भी आज आयोजित होने वाली जनसुनवाई रद्द कर दी गई है

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रवीण जड़िया ने आकाशवाणी को बताया कि शहर में विदेश यात्रा से लौटे यात्रियों को निगरानी में रखा गया है कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर उन्हें आइसोलेशन में रख परीक्षण किया जा रहा है रतलाम मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर ननावरे ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव में बार बार हाथ धोना महत्वपूर्ण है

डिण्डोरी भिंड मुरैना गुना छिन्दवाड़ा उज्जैन कटनी अशोकनगर नरसिंहपुर सहित सभी जिलों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है

केन्द्र ने कल इसकी अधिसूचना जारी की

वे आज कार्यभार ग्रहण करेंगी श्रीमती ओझा का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा वहीं अभय तिवारी को मध्यप्रदेश युवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की होगी वहीं एक अन्य आदेश में पंड़ित कुजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ की संचालक डॉक्टर प्रतिमा यादव की प्रतिनियुक्ति अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है

ये निर्णय कल इंदौर के स्मार्ट सिटी कार्यालय में कलेक्टर लोकेश जाटव की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में लिया गया बैठक में ग्राम कनाड़िया और तलावली चांदा के तालाबों को जैव विविधता के लिये विकसित करने का भी प्रस्ताव रखा गया गौरतलब है कि इंदौर जिले में सौ से अधिक तालाब है इसलिये झीलों के विकास की बेहतर संभावनाएं हैं बैठक में जिले के सभी तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया

कल सामाजिक न्याय विभाग के तत्वावधान में एक बैठक में नगर निगम के माध्यम से सर्वेक्षण कर भिखारियों का चिन्हांकन करने का निर्णय लिया गया बैठक में अवयस्क भिखारियों को विद्यालयों में भर्ती करने और वयस्क भिखारियों को स्वरोजगार प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने की कार्ययोजना पर चर्चा की गई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप सोनी ने बताया कि भिखारियों पर नियंत्रण के लिए भिखारियों के अभिभावकों और ठेकेदारों को पहले समझाइश दी जाएगी इसके बाद भी वे नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी बैठक में भिखारियों का आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाने पर भी चर्चा की गई